प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे

पिछले महीने से जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का यह तीसरा संवाद होगा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनी राज्यस्तरीय समन्वय समिति की आज बैठक होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में आए सुझावों के अनुरूप ही फैसला लिया जाएगा रांची जिले के उपायुक्त राय महिमापत रे ने वरीय पुलिस अधीक्षक अनीश ग्प्ता के साथ राजकीय अतिथिशाला में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कोरोना पॉजिटिव मामले के बारे में जानकारी दी उपायुक्त ने बताया कि कल शुरू में सामने आए छह मामलों में तीन हिंदपीढी से जुड़े हैं एक संक्रमित सदर अस्पताल की नर्स है एक जिला प्रशासन का कर्मी है तथा एक जिला प्रशासन के द्वारा काम पर लिया गया मजदूर है जो कि कमांड एंड कंट्रोल रूम में काम करते हैं श्री रे ने कहा कि कमांड एंड कंट्रोल रूम से जुड़े कोरोना संक्रमण के मामले के सामने आने के बाद संक्रमित के संपर्क में आए लोगों की जांच कर ली गई है उन्हें क्वॉरेंटाइन कर दिया गया है सेकेंडरी कांटेक्ट की भी टेस्टिंग हो रही है उन्हें भी होम क्वॉरेंटाइन कराया जा रहा है उपायुक्त ने बताया कि कमांड एंड कंट्रोल रूम को सैनिटाइज किया जा रहा है नेताजी नगर में भी कंटेनमेंट सेंटर बनाया गया है यहां से एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया था चर्चा करने के बाद इसे कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेषों में फंसे मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद पहुंचायी जा रही है

उपायुक्त जिशान कमर और पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने कल संयुक्त रूप से बैठक कर जिले के वरीय पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं उन्होंने जिले में कोरोना संक्रमण के मामले पाए जाने पर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने एवं लॉक डाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए

राज्य के सभी जिलों में दीदी किचन जरूरतमंद लोगों तक पका हआ भोजन पहँचाने का कार्य कर रही है दीदी किचन के द्वारा खाना परोसते वक्त भी साफ सफाई एवं शोसल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है राज्य में अभी छह हजार आठ सौ तिरासी दीदी किचन कार्य कर रही है जिनके द्वारा रोजाना लाखों लोगों को पका हुआ भोजन कराया जा रहा है

कोरोना के सामुदायिक संक्रमण को रोकने को लेकर सभी लोग अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं इस कार्य में सहयोग के लिए हजारीबाग में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की वीरांगनाएं भी सामने आयी हैं बीएसएफ में शहीद जानों की वीरांगनाएं बीएसएफ ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएषन के साथ जुड़कर मास्क बनाने का काम कर रही हैं

मास्क को बीएसएफ के जवानों के साथ साथ हजारीबाग स्थित सीमा सुरक्षा बल प्रषिक्षण केंद्र और विद्यालय के आस पास के गांव मेरू डंडई और सिलवार सहित कई गांवों के ग्रामीणों को निःष्प्क वितरित किया जाता है वीरांगनाओं ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाने में वे सभी अपनी भूमिका निभा रही हैं

श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने केंद्र सरकार से राज्य के बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों को वापस लाने का आग्रह किया है दो दिवसीय दौरे पर चतरा पहंचे श्री भोक्ता ने केंद्र सरकार पर राज्य के बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कई बार केंद्र सरकार से इन्हें वापस लाने की अनुमति मांगी है लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा अब तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है दूसरी ओर उन्होंने कहा कि राज्य में खाद्यान्न की कमी नहीं है सरकार कोरोना से जंग के लिए पूरी तरह मुस्तैद है श्री भोक्ता ने कहा कि झारखंड के जो बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं उन्हें लाने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही हैं उन्होंने बताया कि झारखंड के वैसे मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं उनके बैंक खातों में प्रत्येक व्यक्ति को दो हजार रुपये भेजे जा रहे हैं ताकि किसी को परेशानी न हो

रांची सदर अस्पताल की चार नर्से कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं उन्होंने कुछ दिन पहले एक कोरोना पॉजिटिव महिला के प्रसव में मदद की थी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

वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टार सुनील रहेजा इस परिचर्चा में भाग लेंगे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

कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी अपडेट लिए जा सकते हैं धनबाद जिला कोरोना मुक्त हो गया है उपायुक्त अमित कुमार ने इसकी जानकारी देते हए बताया कि संक्रमित पाए गए दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज अब स्वस्थ हो चुके हैं दोनों व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आयी है

कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने नई दिल्ली में कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु घटाने का कोई प्रस्ताव किसी भी स्तर पर नहीं है उन्होंने कहा कि कुछ निश्चित स्वार्थी तत्व हैं जो पिछले कुछ दिनों से सरकारी सूत्रों के हवाले से गलत सूचनाएं दे रहे हैं गृह मंत्रालय द्वारा लॉक डाउन में छूट दिए जाने को लेकर रांची जिला प्रशासन राज्य सरकार के निर्देश का इंतजार कर रहा है रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने कहा कि रांची रेड जोन में आता है इसलिए इसमें बदलाव होगा उन्होंने कहा कि इसे लेकर जल्द ही आदेश निकाला जाएगा उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट लागू है शहरी क्षेत्र को लेकर आदेश जल्द निकाला जाएगा

सभी मजदूरों को गोड्डा थाना प्रभारी ने भोजन का प्रबंध कराकर चौदह दिनों की आइसोलेषन में भेज दिया इधर गोड्डा के डालसा सह सीजेएम एसके सिंह के निर्देश पर मुख्यमंत्री दीदी किचन के संचालन में सामाजिक दूरी की जांच की जा रही है गोड्डा के सुंदर पहाड़ी के कुछ स्थानों पर बहुत वृद्ध लोग मुख्यमंत्री दीदी किचन तक जाने में असमर्थ थे इनमें से कुछ के राशन कार्ड भी नहीं है उनके घर के युवा सदस्य नौकरी करने बाहर गए हुए हैं इन लोगों को भोजन मुहैया कराने की पूरी व्यवस्था की गई

समाप्त